शहरों में चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें भिण्ड के पेड़े मुरैना की गजक जैसे क्षेत्रीय उत्पादों का प्रचार करेगी राज्य सरकार

कमलनाथ सरकार का यह पहला पूर्णकालिक बजट है बजट की खास बात यह रही कि सरकार ने प्रदेश की जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया है

बजट भाषण वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि हमने हर वर्ग को कुछ न कुछ देने की कोशिश की है श्री भनोट ने कहा कि युवा किसान और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना सरकार का लक्ष्य है वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार नई एम एस एम ई यूनिट शुरू कर रही है इसके लिए सत्रह हजार लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है साथ ही उन्नत खेती के लिए किसानों को भी प्रशिक्षण दिया जायेगा बागवानी और प्रसंस्करण के लिए बजट में चार सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है वहीं किसानों के लिए कृषक बंध योजना शुरू की जायेगी

उन्होंने कहा कि इन्दौर की खान नदी सहित चालीस नदियों को पुनर्जीवित करने की भी योजना है जबलपुर में नर्मदा रिवरफ़ण्ट बनाया गया है वहीं दतिया रीवा और उज्जैन हवाई सेवा से जुड़ेंगे जल्द ही सामाजिक सुरक्षा पेन्शन भी दोगुनी की जायेगी पुजारियों के वेतन के लिए विशेष कोष बनाया जायेगा

उन्होंने कहा कि प्रदेश में तीन नये मेडीकल कालेज खोले जायेंगे बजट में अल्पसंख्यक आयोग और मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड हज कमेटी का अनुदान बढ़ाया गया है भोपाल इंदौर और ग्वालियर के शासकीय अस्पतालों में बर्न यूनिट स्थापित की जायेगी वित्त मंत्री ने बताया कि मंदिर की जमीनों को सरकारी निधि से विकसित किया जायेगा साथ ही नई गौशालायें खोली जायेंगी श्री भनोट ने कहा कि प्रदेश में क्षेत्रीय उत्पादों जैसे भिण्ड के पेड़े सागर की चिरोंजी की बर्फी मुरैना के गजक की ब्राण्डिंग राज्य सरकार करेगी

उधर ग्वालियर और जबलपुर में खाद्य प्रसंस्करण यूनिट स्थापित की जायेगीं वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैराकी ओर फुटबाल अकादमी शुरू की जायेगी

उन्होंने कहा है कि बजट में सभी क्षेत्रों में विकास का ध्यान रखा गया है

श्री सिंह ने बताया कि बजट में किये गये प्रावधान अनुसार बड़े शहरों में संचालित डीजल बसों के स्थान पर इलेक्ट्रिक बसें चलाई जायेंगी इससे शहर में प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि शहर में महिलाओं को ट्रेनिंग देकर ई रिक्शा दिलवाये जायेंगे श्री सिंह ने कहा है कि भोपाल और इंदौर को मेट्रोपोलिटन एरिया के रूप में विकसित किया जायेगा उन्होंने कहा है कि शहरों के आवासहीनों और झुग्गीवासियों को आवासीय भूमि के पट्टे दिये जायेंगे बजट प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज पेश किये गये बजट को पूरी तरह किसानों युवाओं और महिलाओं के साथ साथ समाज के सभी वर्गों के लिए समर्पित बताया है एक ट्वीट संदेश के जरिए श्री नाथ ने कहा कि खाली खजाने के बीच यह प्रदेश की ख्शहाली का बजट है वहीं केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने बजट को निराशाजनक बताया है श्री भार्गव ने कहा कि राज्य सरकार मावाबाटी जलेबी और चिरौंजी बर्फी की ब्राण्डिंग करने के बजाय ठोस काम करे जनसंख्या दिवस कल अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस है इस अवसर पर प्रदेश में जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा आयोजित किया जायेगा आगरमालवा जिले में परिवार कल्याण कार्यक्रमों के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई गई है जिला मुख्यालय पर एक कार्यक्रम से पखवाड़े की श्रूआत होगी वहीं भिंड में कल स्कूली विद्यार्थियों के लिए पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी राजगढ़ जिले में भी विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जनसंख्या नियंत्रण के लिए कल से विकासखण्डों में जागरुकता शिविर का आयोजन किया जायेगा बैतूल ग्ना अशोकनगर उमरिया नरसिंहपुर जबलपुर रायसेन सागर में भी कल लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जागरुक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा गोलीबारी मौत मुरैना जिले के सराय छोला थाना क्षेत्र के टिलौदा गांव में आज जमीनी विवाद में चली गोली से दो लोगों की मौत हो गई और चार लोग गंभीर रुप से घायल हो गए जिन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया गया है पुलिस ने ऐहतियातन अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है मौसम राज्य के ज्यादातर हिस्सो में मानसून की सकियता बनी हुई है पिछले चौबीस घण्टों के दौरान ग्वालियर रीवा शहडोल संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर और चंबल सागर और जबलपुर संभागों के अनेक स्थानों पर बारिश हुई प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा आठ सेण्टीमीटर मुरैना के अंबाह में दर्ज की गई गुना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में अब तक सैतीस दशमलव चार आठ सेण्टीमीटर औसत वर्षा हो चुकी है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घण्टों में सागर पन्ना टीकमगढ़ दमोह छतरपुर रीवा सतना सीधी सिंगरौली उमरिया अनूपपुर शहडोल और डिण्डौरी जिलों में अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई